मतदाता जागरूकता के लिये चलाये जा रहे सतरंगी सप्ताह का आज समापन

इनमें टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालौर उदयपुर बांसवाडा चित्तौडगढ राजसमंद भीलवाडा कोटा और झालावाड बारा शामिल है

वहीं भीलवाडा में सबसे कम चार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे है गौरतलब है कि राजस्थान में दो चरणों में लोकसभा चूनाव हो रहे है

इसी कडी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज जालौर के रामसीन में चूनावी सभा करेंगे

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना आज एक दिन के दौरे पर सीकर जायेंगे श्री खन्ना इस दौरान पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे इसके बाद प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन में भाग लेंगे

वहीं कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक भी आज विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर रहे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश का भविष्य नीतियों सिद्वांतो और जमीनी मुद्दो पर टिका है अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वह किस पार्टी का चुनाव करती है श्री गहलोत आज जोधपुर के सघन जनसंपर्क दौरे पर है श्री गहलोत ने हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुददों को उठाकर इतिहास को तोडमरोडकर पेश कर रही है उन्होंने पहली बार मतदान कर रहे युवाओं से अपील की कि वे गुमराह न होकर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मतदान करें

इस क्षेत्र पर सबकी निगाहे टिकी हुई है यहां पर भाजपा से केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को दुबारा उम्मीदवार बनाया गया है वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी है

मतदाता जागरूकता के लिये निर्वाचन विभाग की ओर से चलाये जा रहे सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन आज ब्रंदी और सवाईमाधोपुर में वोट मैराथन का आयोजन हुआ ब्रंदी में लालरंग की थीम पर आयोजित इस मैराथन को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं सवाईमाधोपुर में भी गणमान्य नागरिकों और विद्यार्थियों ने बडी संख्या में वोट मैराथन में दौड़ लगाई इस दौरान शुभंकर शेरू ने भी मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने के संदेश दिये

जहां प्रदेश के कई जिलों में सतरंगी सप्ताह का आज समापन हो रहा है वहीं हनुमानगढ़ में सतरंगी सप्ताह कल से शुरू होगा इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा

उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश इन्दु मल्होत्रा को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया है समिति के सदस्य न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना ने कल समिति से अलग हटने का फैसला लिया था जांच समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस एस बोबडे ने बताया कि समिति की पहली बैठक आज होगी पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है